मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी

और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वजपात की घटनाओं में आठ लोगों की मृत्यु

जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोविड उन्नीस के मामले तेजी से आ रहे हैं आज तीन सौ पचासी नये मामलों की प्रष्टि हुई इसके साथ ही राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर बारह हजार पांच सौ पच्चीस हो गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक छप्पन मामले पटना से आये हैं वहीं मुंगेर से तीस गया से उनतीस भागलपुर से छब्बीस मधुबनी से पच्चीस कटिहार से चौबीस और सुपौल जिले के इक्कीस नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नौ हजार तीन सौ अड़तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं अभी राज्य के अस्पतालों में तीन हजार से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है बाईस मार्च से अब तक राज्य में लगभग दो लाख सत्तर हजार नमूनों की जांच की गयी है

उसे उपचार के लिए पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है संक्रमण की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री आवास को सैनेटाइज किया जा रहा है इधर अरवल जिले के सिविल सर्जन अरविंद कुमार को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर कार्यालय को तीन दिन के लिए सील कर दिया गया है पूरे परिसर को सेनिटाईज किया गया इधर विधा पार्षद् गुलाम गौस और उनकी पत्नी भी इस महामारी से संक्रमित पायी गयी है विधान परिषद कार्यालय को दस जुलाई तक बंद कर दिया गया है वहीं सीतामढ़ी जिले में विधायक गायत्री देवी और उनके पति अंगरक्षक और परिवार के सदस्यों सहित सात लोग पॉजिटिव पाये गये हैं रोहतास जिले में ईवीएम मशीन की जांच करने वाले दल के तीन सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसमें एक व्यक्ति मास्टर ट्रेनर है इधर शेखपुरा जिले में अरियरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाया गया है जांच में बीडीओ के चालक सदर प्रखंड को कर्मचारी यूको बैंक के तीन कर्मी और योजना और विकास विभाग कार्यालय के एक अधिकारी को पॉजिटिव पाया गया है इसके बाद समाहरणालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है वहीं मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाना के पुलिसकर्मियों में महामारी के संक्रमण की आशंका के मद्देनजर छिहत्तर कर्मियों का सैंपल लिया गया है सभी को क्वारेंटाईन करने के बाद सदर थाना को सील कर दिया गया है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या चार लाख उनतालीस हजार नौ सौ सैंतालीस हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पंद्रह हजार पांच सौ चौदह लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर इकसठ दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में कोविड उन्नीस से बाईस हजार दो सो बावन लोग संक्रमित हुए वहीं अब तक देश में इस महामरी से बीस हजार एक सौ साठ लोगों की मृत्यु हुई है राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को मास्क के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कड़ाई से सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने को भी कहा गया है इधर जिलों में बिना मास्क के बाजार में निकलने वाले और दुकानों में खरीदारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी है राज्य भर में दो हजार तीन सौ छियासठ लोगों को पिछले चौबीस घंटों के दौरान बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक लाख अठारह हजार से अधिक का अर्थदंड वसूला गया है पूलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में एक जुलाई से अब तक चार हजार एक सौ तिरेसठ वाहन जब्त किये गये है जबकि एक करोड़ इकतीस लाख रूपये जुर्माना वसूला गया है भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए किये गये उपाय के अच्छे परिणाम आ रहे हैं

आज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम के लिए देश में विकसित टीका कोवैक्सीन भी वैश्विक दौड़ में शामिल है भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद आईसीएमआर ने देश के बारह चिकित्सा संस्थानों को पत्र लिखकर इच्छुक स्वंयसेवकों से मनुष्य पर टीके को परीक्षण का पहला चरण शुरू करने का आग्रह किया है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से कई संस्थानों ने आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है आईसीएमआर ने भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर यह टीका तैयार किया है जबकि जायडस कैडिला नाम की कम्पनी जाइकोव डी नाम का टीका तैयार करने में लगी है

भारतीय संस्थाओं ने भी विश्व भर में कोरोना के खिलाफ वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है आज देश भर के चुने हुए संस्थाओं में शुरू हो रहे हेत्थ वॉलिंटियर्स के नामांकन के साथ ही दोनों भारतीय वैक्सीन उम्मीदवार परीक्षण के चरण में प्रवेश कर गये हैं

टीकों का मूल्यांकन सुरक्षा प्रतिरक्षण क्षमता और अन्य मानकों पर किया जाना है

बिहार सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोविड उन्नीस के नमूनों की जांच बढ़ाने के लिए बीस और ट्रूनेट तथा आरटीपीसीआर मशीने लगायी जायेंगी इससे राज्य भर में प्रतिदिन जांच की क्षमता बढ़कर दस से बारह हजार हो जायेगी राज्य में सभी अड़तीस जिलों में कोविड उन्नीस नमूनों की जांच की व्यवस्था की गयी है

प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा मई जून और जुलाई महीनों के लिए पांचवीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी को आठ किलो अनाज और तीन सौ अंठावन रुपये दिये जायेंगे इसी तरह कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को बारह किलो अनाज और पांच सौ छत्तीस रुपये मिलेंगे प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है कुछेक स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर में सबसे अधिक सौ मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी वहीं कैमूर गोपालगंज दरभंगा मधेप्रा खगड़िया नवादा पटना और सारण जिले में कई स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अनेक हिस्सों में भारी बारिश के साथ वजपात की चेतावनी जारी की है वहीं अररिया किशनगंज पूर्णिया भागलपुर और कटिहार में आज भारी बारिश हो सकती है पटना स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एसकेपटेल ने बताया कि गुरूवार से राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है

गंगा सोन प्रनपुन घाघरा गंडक ब्रुढ़ी गंडक के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी की प्रवृति देखी गयी केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह में खतरे के निशान से ढाई मीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया मुंगेर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वहीं बक्सर और भागलपुर में जलस्तर स्थिर बना हुआ है इधर बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर में लगातार खतरे के निशान से ऊपर है नदी का जलस्तर लाल निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया वहीं कमला बलान मध्रबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान के आसपास है आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है सोन नदी के जलस्तर में भी भोजपुर जिले के कोईलवर और पटना जिले के मनेर में बढ़ोतरी की प्रवृति देखी गयी राज्य के प्रमुख बराज कोसी वीरपुर इन्द्रपुरी और वाल्मीकिनगर गंडक बराज में जलस्तर बढ़ रहा है प्रदेश में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आज कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य झुलस गये आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक तीन लोगों की मृत्यु बेगूसराय जिले में हुई है वहीं भागलपुर बांका मुंगेर जमुई और कैमूर में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है इसके अलावा पानी वाले जगहों पर टेलिफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल एप्लीकेशन इन्द्रवज्ञ डाउनलोड करने की भी अपील की गयी है

निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमितों को डाक मतपत्र से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून में आवश्यक संशोधन किया गया है इसके अलावा पैंसठ साल से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग मतदाता भी पोस्ट बैलेट के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इससे पहले अस्सी साल के उम्र के मतदाताओं को भी डाक मतपत्र से वोट डालने का अधिकार प्राप्त था भाजपा ने विधान सभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर एक हजार से अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केन्द्र बनाने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है पार्टी कीओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गये पत्र में कहा गया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सहायक मतदान केन्द्रों को इससे संबंधित मुख्य इमारत में ही रखा जाना चाहिए पार्टी ने कहा कि कहीं दूर सहायक मतदान केन्द्र बनाने से वोटरों को परेशानी और भ्रम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने आज नौ जिलों के भाजपा अध्यक्षों से वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये बातचीत किया इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सांसद राधा मोहन सिंह भी उपस्थित थे राज्य में अगले आदेश तक सभी प्रकार के आउट डोर और इंडोर प्रतियोगिताओं के आयोजन पर रोक लगा दी गयी है बिहार सरकार ने खेलो को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इसके तहत अभ्यास से संबंधित दिशा निर्देश खिलाड़ियों के लिए जारी किया गया

राज्य सरकार ने नौ अगस्त तक तीन करोड़ पौधे लगाने का निर्णय किया है पहले यह लक्ष्य ढ़ाई करोड़ पौधों का था इसके लिए हर जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर पौधे पहुंचाये जा रहे हैं आयकर विभाग ने कोविड उन्नीस संक्रमण के मद्देनजर आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा फिर बढ़ा दी है पैन कार्डधारक अगले वर्ष के इकतीस मार्च तक पैन और आधार को जोड़ सकते हैं निगरानी जांच ब्यूरो ने आज पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के कृषि समन्वयक को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार कृषि समन्वयक फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के एवज में एक किसान से घूस ले रहा था

वहीं बक्सर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से हथियारबंद अपराधियों ने चार लाख इकसठ हजार रुपये लूट लिये

इनके समर्थन में इक्कीस वोट पड़े जबकि विरोध में पन्द्रह लोगों ने मतदान किया और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अंठानवे हुई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी

और राज्य के अलग अलग हिस्सों में वजपात की घटनाओं में आठ लोगों की मृत्यु